तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी

स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव आठ छह प्रतिशत हुई पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस चरण के चुनाव के लिए एक हजार नब्बे प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण में एक हजार तीन सौ चौवन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें दो सौ चौंसठ नामांकन पर्चे सही नहीं पाये गये उधर द्रसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है द्रसरे चरण में चौरानवे विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान तीन नवम्बर को होगा जबकि तीसरे चरण में अठहत्तर सीटों पर होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी जो बीस अक्टूबर तक चलेगी तीसरे चरण के लिए मतदान सात नवम्बर को होगा भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण के लिए छियालीस उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है जारी सूची के अनुसार सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह को मध्रबन से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को सीवान से और सतीश कुमार यादव को राघोपुर से उम्मीदवार बनाया गया है उधर भाजपा के सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सिमरी बख्तियापुर से चूनाव लड़ेंगे राजद में दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों को सिम्बल आवंटित करने का सिलसिला जारी है राजद ने हसनपुर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव को टिकट दिया है वहीं पार्टी ने हायाघाट से भोला यादव सहरसा से पूर्व सांसद लवली आनंद गरखा से सुरेन्द्र राम लौरिया से शम्भू तिवारी बिहपुर से पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल बाजपट्टी से मुकेश कुमार यादव और त्रिवेणीगंज से संतोष सरदार को अपना उम्मीदवार बनाया है शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने कहा है कि पार्टी बिहार विधानसभा चूनावों में लगभग पचास सीटों पर चुनाव लड़ेगी श्री देसाई ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए शिवसेना का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है मज़ुफ्फरपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी चन्द्र शेखर सिंह ने बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय मे चल रहे कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव से संबंधित सामग्री के पैकेजिंग का निरीक्षण किया पैकेजिंग की जा रही सामग्री में मास्क सेनेटाईजर फेस शिल्ड थर्मल स्कैनर आदि शामिल हैं भाजपा और जदयू समेत अनेक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है भाजपा की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तीस लोगों के नाम शामिल हैं जदयू के स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के नाम शामिल हैं इधर लोकजन शक्ति पार्टी ने भी उनतीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ पार्टी के सभी सांसद शामिल हैं सीपीएम ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सुची जारी की है जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी पोलित ब्यूरो सदस्य हन्नान मोल्ला ब्रदा कारत आदि शामिल हैं जदयू के सहयोगी हम के स्टार प्रचारकों में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी समेत पन्द्रह सदस्यों को शामिल किया गया है विधान परिषद् की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों के लिए होने वाले चूनाव की तैयारी पूरी कर ली गयी है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने तैयारियों का जायजा लेते हुये कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोरोना से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किये गये हैं और चुनाव आयोग द्वारा तय निर्धारित मानदंडों का पालन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों को सेनेटाईज किया जायेगा और मतदाता ग्लब्स पहनकर मतदान करेंगे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों के लिए आगामी बाईस अक्टूबर को मतदान होगा आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते पांच वर्ष में डिजिटल लेनदेन में छह गुना की वृद्धि हुई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए शुरू किए गए प्रयासों से डिजिटल लेन देन में दो हजार पन्द्रह सोलह से दो हजार उन्नीस बीस की अवधि में पचपन दशमलव एक प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष दो हजार बीस में डिजिटल लेनदेन की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़कर तीन हजार चार सौ चौंतीस दशमलव पांच छह करोड़ हो गई और अब बात कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन की

बाईट इस कोरोना कालखंड में मास्क पहनने के लिए दो गज की दूरी रखने के लिए बार बार हाथ साबुन से धोने के लिए और आप भी बीमार ना हो आपके गांव में भी बीमारी ना घुसे इसके लिए हम सबको चिंता करनी है और हम जानते है कि यह ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है और इसलिए आग्रह से मैं आपको कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों के मौसम में लोगों से सभी तरह की सावधानी बरतने की अपील की है उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित न करने की भी सलाह दी है बाईट सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं इनमें इन्फ्लुएजा वायरस प्रमुख है इसके अलावा कोरोना के चार अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते हैं इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें

स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव आठ छह प्रतिशत है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या ग्यारह हजार संतानवे है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक हजार दो सौ सत्रह रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी वहीं कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ छियालीस हो गयी है दूसरी तरफ कोविड उन्नीस के एक हजार तीन सौ दो नये मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख छियानवे हजार दो सौ अड़सठ हो गयी है सबसे अधिक पटना में दो सौ नब्बे नये मामलों की प्रष्टि हुई है अररिया से एक सौ चौदह नवादा से तिरसठ पूर्णियां से उनसठ और मधेपुरा से संतावन पॉजिटिव मामले आये हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा दस से तेरह नवम्बर तक होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिये हैं

वहीं प्रायोगिक परीक्षा सत्रह और अठारह नवम्बर को आयोजित की जायेगी उधर इंटर की सेंटअप परीक्षा चौदह अक्टूबर से चार नवम्बर के बीच आयोजित की जायेगी बोर्ड ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिये है सारण जिला अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन पर बिहार सम्पर्क क्रांति ट्रेन से पुलिस ने उन्नीस लाख पचास हजार रुपये के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया वहीं इसी ट्रेन के एक अन्य डिब्बे की जांच के दौरान रेल पुलिस ने चौदह किलो गांजा बरामद किया है शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने जांच के दौरान वाहन चालकों से दो लाख ग्यारह हजार रुपये बरामद किये पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीन वाहन चालकों से यह बरामदगी की गयी है पश्चिम चम्पारण जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के महना मिर्जाटोली प्राथमिक स्कूल के पास से पूलिस ने छह अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भाजपा की ओर से जारी प्रत्याशियों की सूची को प्रमुख खबर बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है भाजपा का फिर सवर्णों पर दांव पुराने चेहरों पर भी जताया भरोसा दैनिक जागरण ने स्वामित्व योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है आत्म निर्भर गांव के लिए स्वामित्व योजना दैनिक भास्कर ने जदयू के घोषणा पत्र को अपनी प्रमुख खबर बनाते हुये लिखा है जनता से फिर सात वचन निभायेंगे नीतीश कुमार प्रभात खबर ने भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है देश मोदी के हाथों में सुरक्षित और बिहार नीतीश के हाथों में राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर में हुये मुठभेड़ से जुड़ी खबर पर शीर्षक लगाया है पुलवामा में चार आतंकवादी मारे गये एक गिरफ्तार दैनिक आज की सुर्खी है मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से हटाये जायेंगे स्लीपर कोच

तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी

स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव आठ छह प्रतिशत हुई